मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कर संग्रह करने वाले शोषक की छवि बदलने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि पारदर्शी कर प्रशासन के कारण ज्यादा से ज्यादा करदाता देश की कर प्रणाली में शामिल हो रहे हैं

उन्होंने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जहां करदाताओं के अधिकार और कर्तव्य परिभाषित हैं करदाताओं और कर प्रशासन के बीच विश्वास बढा है बाइट आज का टैक्सपेयर पूरी टैक्स व्यवस्था में बहुत बड़े बदलाव और पारदर्शिता का साक्षी बन रहा है जब उसे रिफंड के लिये महीनों इंतजार नहीं करना पड़ता

जब वो देखता है कि विभाग ने खूद आगे बढ़कर बरसों पुराने विवाद को सुलझा दिया है तो उसे पारदर्शिता का अनुभव होता है जब उसे फेसलेस अपील की सुविधा मिलती है तब वो टैक्स ट्रांस्पेरेंसी को और ज्यादा महसूस करता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा यूवाओं का चयन और पद स्थापन उनकी योग्यता और क्षमता के आधार पर किया जा रहा है जिससे उनकी ऊर्जा और कौशल का प्रदेश के विकास के लिये पूरा उपयोग किया जा सकें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने के लिये संकल्पित है उन्होंने निर्देश दिया कि सरकार की पूरी निष्पक्षता पारदर्शिता और भेदभाव रहित नीति के अनुसार विभिन्न विभागों में पदों के लिये भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाये मुख्यमंत्री आज लखनऊ में लोक सेवा आयोग द्वारा सिंचाई और जल संसाधन विभाग के नव चयनित एक हजार चार सौ अड़तीस अवर अभियंताओं को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने पांच नव चयनित अभियंताओं को निय्क्ति पत्र प्रदान किये उन्होंने भरोसा जताया कि जिस निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ अभ्यर्थियों का चयन हुआ है वे उसी प्रकार से पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ अपने विभाग में कार्य सम्पादन करेंगे

उन्होंने कहा कि त्यौहारों और पर्वो को देखते हुए लोगों को कोरोना के बारे में लगातार जागरूक किया जाये

उन्होंने कहा कि लखनऊ और मेरठ जनपद में रिकवरी दर को बेहतर बनाने के लिये उपचार व्यवस्था को मजबूत किये जाने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान और स्वावलम्बन में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं होगी उन्होंने कहा कि प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान संचालित है इसके दृष्टिगत प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए महिलाओं की सुरक्षा में पूरी सतर्कता बरती जाये

उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों में सर्दी से पूर्व छात्रों को स्वेटर वितरित करने के निर्देश दिये उन्होंन कहा कि रैन बसेरों में समय से सभी आवश्यक सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली जाये

वहीं पॉजिविटी दर लगभग एक दशमलव तीन प्रतिशत है उन्होंने कहा कि प्रदेश में हालांकि कोरोना संक्रमण में कमी आई है लेकिन दिल्ली से लगे हुए जनपदों में संक्रमण बढ़ा है जोकि एक चिन्ता का विषय है

देश में संक्रमित लोगों की दर पांच दशमलव छह तीन प्रतिशत है

आयुर्वेद के जनक भगवान धनवंतरि की जयन्ती आज बड़े श्रद्धाभाव के साथ मनाई जा रही है वहीं दीपावली पर्व की श्रृखंला में आज पहले दिन धनतेरस त्यौहार की बाजारों में धूम है लोग दीपावली के अवसर पर बाजारों से अपने आवश्यकतानुसार विशेषकर सोने चांदी की वस्तुएं तथा बर्तनों की खरीददारी कर रहे हैं राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोगों को धनवंतरि जयन्ती और धनतेरस की शूभकामनाएं प्रेषित की है

इस अवसर पर आयुर्वेद पर आधारित पांडुलिपियों और प्रमुख ग्रन्थों पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया प्रदेश के विभिन्न जनपदों से भी धनवंतरि जयन्ती और धनतेरस आयोजन के समाचार है

इस अवसर पर सरयू तट राम की पैड़ी तथा अन्य स्थानों पर पांच लाख इक्यावन हजार से अधिक मिट् टी की दीये जलाने की व्यवस्था की गई है

यहां पहली बार वर्चुअल माध्यम से भी दीप प्रज्ज्वलित करने की व्यवस्था की गई है

किसी भी स्थिति से निपटने के लिये यहां सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये गये हैं

दीपोत्सव मेले के दौरान यहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों की व्यवस्था की गई है साथ ही समस्त मठ मन्दिरों एवं घरों में दीप प्रज्ज्वलन की ऐसी व्यवस्था की गई है दीपोत्सव के अवसर पर कल मुख्यमंत्री स्वयं श्रीरामजन्मभूमि पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे तथा वहां दीप प्रज्ज्वलित करेंगे केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण ने आज कहा है कि प्रमुख मानकों से सकारात्मक वृद्धि के संकत मिलने से पता चलता है कि अर्थव्यव्यस्था मजबूत हो रही है

आज नई दिल्ली में वित्तमंत्री ने कहा कि पीएमआई सूचकांक ऊर्जा के इस्तेमाल जीएसटी वसूली और बैंकों के ऋणों और एफपीआई में निवेश में वृद्धि से देश की आर्थिक व्यवस्था में बेहतरी के आसार है उन्होंने कहा कि बाजार पूंजीकरण और विदेशी मुद्रा भंडार में अधिक धनराशि होने जैसे साकारात्मक संकेत है

वित्तमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए किए गए अनेक उपायों स साकारात्मक प्रभाव पड़ा है लोक प्रसारण दिवस आज मनाया जा रहा है

राष्ट्रपिता ने विस्थापित लोगों को संबोधित किया जो बंटवारे के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरूक्षेत्र में रह रहे थे इस अवसर पर आकाशवाणी परिसर में प्रत्येक वर्ष विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है मथुरा जनपद के वृंदावन आश्रम में रह रही विधवाओं ने आज बड़े उत्साहपूर्वक सोशल डिस्टेंसिग के साथ दीपावली पर्व के अन्तर्गत विविध आयोजन में हिस्सा लिया गौरतलब है कि इससे पूर्व इन विधवाओं को धार्मिक अनुष्ठान और त्यौहारों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी